बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद आईसीएमआर के साथ मिलकर कोविड का टीका को वैक्सीन बना रही है

राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर नौ सौ छब्बीस रह गई है प्रदेश में अबतक पंद्रह हजार दो सौ उनतीस कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर करीब चौरानबे प्रतिशत हो गई है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार कल दर्ज किए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से छह वेस्ट कामेंग से पांच ईस्ट सियांग से चार वेस्ट सियांग और लेपारादा से तीन तीन क्रुंग क्मे और अंजाव से दो दो लोअर सियांग नामसाई तिरप और पाप्मपारे जिले से एक एक मामले शामिल है

उन्होंने खेल विभाग के आला अधिकारियों के साथ सांगे ल्हादेन स्पोर्ट्स अकादमी परिसर में निर्माणाधीन दोरजी खांड्र बैडमिंटन अकादमी की प्रगति का जायजा लिया श्री नात्ंग ने परियोजना एजेंसी से ग्णवत्ता के साथ निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने और प्रदेश के उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए जरुरी स्विधाओं के विकास को प्राथमिकता देने को कहा

उन्होंने परियोजना एजेंसी को समय पर ग्रणवत्ता के साथ निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया श्री नालो ने मानसून से पहले कार्य को पूरा करने के लिए एजेंसी से पर्याप्त संख्या में कामगारो को लगाने को कहा

पाक्के केसांग जिले के दौरे पर पहंचे श्री उपाध्याय ने आई आर बी एन की तीसरी बटालियन के मुख्यालय का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि सेजोसा प्लिस को अपग्रेड किया जायेगा और प्रशिक्षण ले रहे ग्यारह सौ प्लिस कर्मियों में से पाक्के केसांग में कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर तैनात की जाएगी

भारत के फिट इंडिया मिशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में खेल मंत्रालय और भारत तिब्बत सीमा प्लिस दवारा वाक्थान का आयोजन किया गया था श्री रिजिजू ने फिट इंडिया मिशन के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट चलाने में भारत तिब्बत सीमा प्लिस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है

इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा